उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से किसी भी प्रकार से किसी को ठेस पहंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं हालांकि प्रज्ञा ठाक्र ने यह भी कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया साथ ही उन्हें आतंकवादी कहा गया है जो गलत है क्योंकि अब तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं पाया गया है प्रहलाद सिंह केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कल सागर के डॉ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविदयालय के भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के नवीन संग्रहालय भवन का भूमिपूजन और शिलान्यास करेंगे

इसके बाद वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे मध्यप्रदेश सेना प्रमुख भारतीय सेना ने लम्बी दूरी तक मार करने वाली टैंक भेदी दो स्पाइक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और अन्य कमांडर प्रदेश के मऊ में इस परीक्षण के दौरान मौजूद थे इन मिसाइलों को हाल ही में खरीदा गया है हमारे इंदौर संवाददाता ने बताया कि इससे सेना की क्षमता और बढ़ेगी

व्यापारी की शिकायत के बाद शिवपुरी पुलिस जांच में जुट गई है और जिन लोगों के नाम चोरी की इस वारदात में सामने आ रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है एमपी ईआर सिस्टम प्रदेश में आने वाले समय में मध्यप्रदेश इमरजेंसी रिस्पांस एलर्ट सिस्टम एमपी ईआर के जरिये प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों में गुम हुए बच्चों की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जा सकेगी इसके लिये एमपी ईआर एलर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है

कार्यशाला इंदौर में आज कलेक्टर कार्यालय में पॉक्सो एक्ट के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें इस अधिनियम में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण को लेकर दिये गए प्रावधानों पर चर्चा की जा रही है

इससे पहले दीपिका और अंकिता ने सेमीफाइनल में पहुंचकर व्यक्तिगत ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया सेमीफाइनल में अंकिता ने भूटान की करमा को और दीपिका ने वियतनाम की नगुएट दो थी अन्ह को पराजित किया था

साथ ही दिव्यागों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी होगा